प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये याचिका नामंजूर कर दी पीठ गैर सरकारी संगठन के इस दलील से सहमत नहीं थी कि ईवीएम का दुरूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए

भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने बागी उम्मीदवारों को नाम वापस के लिए आज भी मनाते रहे दोनों पार्टियों के कई बागियों ने दो दिनों में अपने पर्चे वापस ले लिए हैं वहीं राज्य सरकार के मंत्री राजकुमार रिणवा धनसिंह रावत सुरेन्द्र गोयल समेत कई पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अभी भी मैदान में डटे हुए हैं

कांग्रेस भाजपा सहित अन्य पार्टियों के शीर्ष नेता कल से सघन चुनाव प्रचार अभियान पर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल प्रदेश में कई स्थानों पर जनसभाएं करेंगे

वे कुल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री की पहली सभा रविवार को अलवर में होगी सोमवार को श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम तथा कोटा में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी सोमवार को अजमेर पोकरण तथा अन्य स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे

वे आज अजमेर में संवाददाताओं को सम्बोधित कर रहे थे

कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करने पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विधानसभा में मुद्दे उठाने थे जयपुर में आज संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस न केवल नेतृत्वहीन है बल्कि उसके पास कोई मुददा भी नहीं है श्री जावडेकर ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में राजबब्बर और अल्पेश ठाकुर का नाम शामिल करने पर आपत्ति जताई

श्री बार्लो ने राजस्थान में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए गए व्यापक प्रबंधोंकी सराहना की उन्होंने कहा कि भारत जैसे सशक्त लोकतंत्र में चुनाव प्रकिया का सफल संचालन किसी चुनौती से कम नहीं है

इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के वाहनों को चुनाव प्रचार करने सामग्री उपयोग के लिए अलग अलग रंग के परमिट जारी किए जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज नई दिल्ली में हई बैठक में ये निर्णय लिया गया बाद में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में ओबीसी के उपवर्गीकरण पर बनी समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक एक गलियारा बनाया जाएगा जहां से श्रद्धाल् पाकिस्तान के करतारपुर साहब जा सकेंगे श्री जेटली ने बताया कि गुरू नानक की स्मृति में एक विशेष स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया जाएगा और एक विशेष रेलगाडी भी चलायी जाएगी जो गुरूनानक से जुड़े शहरों और गुरूद्वारों को जाएगी

कार्तिक माह के दौरान प्रदेशभर के तीर्थ स्थलों में पवित्र स्नान के लिये श्रद्वालुओं का पहुंचना जारी है कल कार्तिक पूर्णिमा का महा स्नान होगा इस मौके पर झालावाड के झालरापाटन में चल रहे चन्द्रभागा मेले में आज शाम महा आरती के साथ ही दीपदान के कार्यक्रम होंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पहले आज सुबह द्वारकाधीश मंदिर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और योगासन हुआ

बीकानेर के श्रीकोलायत तीर्थ स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा पर भरने वाला मेला परवान पर है हमारे सवांददाता ने बताया कि मेले में विभिन्न स्थानों से श्रद्वालू पहुंच रहे है मेले के लिये बीकानेर से श्रीकोलायत के बीच विशेष ट्रेन भी चलाई गई है

वहीं पुष्कर मे चल रहे धार्मिक मेले में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कल मेले का समापन होगा पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रमो में देशी विदेशी सैलानी बढ चढकर हिस्सा ले रहे है